राशन कार्ड नवीनीकरण प्रदेश में राशन कार्डो के नवीनीकरण का कार्य आज से शुरू हो गया है यह प्रक्रिया आगामी तीस अगस्त तक चलेगी इस संबंध में नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं राशन कार्ड नवीनीकरण अवधि में किसी भी हितग्राही को राशन कार्ड की पात्रता से इंकार नहीं किया जाएगा और नवीनीकरण के बाद हितग्राही को पात्रतानुसार खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा इसके तहत राज्य में प्रचलित अंत्योदय प्राथमिकता और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के सभी राशन कार्डो के नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं नवीनीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर सत्यापन केन्द्र बनाए गए हैं ऐसे कार्डधारी जो सत्यापन के लिए निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होंगे उनके नाम के आगे रिमार्क कॉलम में अनुपस्थित दर्ज कर दिया जाएगा और इनके राशन कार्ड का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा सत्यापन केन्द्र शासकीय उचित मूल्य की दुकान से अलग स्थानों पर बनाए गए हैं हितग्राहियों को नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ राशन कार्डधारी मुखिया और परिवार के सभी सदस्यों के आधारकार्ड की छायाप्रति देना जरूरी होगा आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर आधार पंजीयन पावती की छायाप्रति और संचालक खाद्य द्वारा जारी कोई एक फोटोयुक्त परिचय पत्र की छायाप्रति दे सकते हैं इसके साथ ही मुखिया की बैंक पासबुक की छायाप्रति और आवेदक की दो पासपोर्ट साईज फोटो भी देनी होगी नवीनीकृत राशन कार्डधारियों की अंतिम सूची जिला प्रशासन द्वारा सभी संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित कर दी जाएगी दंतेवाड़ा नाव आज दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पार कर रहे अनेक लोग बीच नदी में मोटरबोट बंद हो जाने की वजह से फंस गए बाद में इन लोगों को होमगार्ड की मदद से बचाया जा सका मिली जानकारी के अनुसार कुछ बच्चे स्कूल में दाखिले के लिए शिक्षकों के साथ मोटरबोट पर सवार होकर इंद्रावती नदी पार कर रहे थे बीच नदी में मोटरबोट का इंजन बंद हो गया इस कारण इन लोगों को एक चट्टान पर शरण लेनी पड़ी घटना की सूचना मिलने के बाद दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे बारिश के कारण इंद्रावती नदी उफान पर थी इस वजह से लकड़ी की नाव फंसे लोगों तक ले जाना संभव नहीं था एसपी ने होमगार्ड की टीम को मौके पर बुलवाया और फिर मोटरबोट की सहायता से नदी के बीच में फंसे लोगों को बचाकर किनारे लाया जा सका इस बचाव अभियान में जिला प्रशासन पुलिस और होमगार्ड के संयुक्त प्रयास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कांकेर अगवा कांकेर जिले में बारह युवक युवतियों को अगवा कर ले जाने की कोशिश करने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के गट्टाकाल और कागबरस क्षेत्र में यह मामला सामने आया है आरोपी इन युवाओं को अगवा कर पखांजूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे इस बीच पुलिस ने दबिश देकर इन युवाओं को आरोपियों की गिरफ्त से मुक्त कराया पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि दो अन्य आरोपी पुलिस को झांसा देकर भाग निकले

भिलाई के मुक्तिधाम में भूपेश बघेल ने मां को मुखाग्नि दी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमत्री दिग्विजय सिंह भी भिलाई पहुंचे और उन्होंने श्री बघेल को सांत्वना दी इससे पहले भिलाई तीन स्थित आवास से मुख्यमंत्री श्री बघेल की मां की अंतिम यात्रा निकाली गई इसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ कांग्रेस और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए इनमें प्रमुख रूप से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी शामिल थे गौरतलब है कि बीती शाम बिंदेश्वरी बधेल का रायपुर स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं उड़नदस्ता दल निरीक्षण कृषि विभाग के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने आज कई जगहों पर उर्वरक और कीटनाशी विनिर्माण इकाईयों में दबिश देकर निरीक्षण किया इस दौरान रायपुर और महासमुंद के कारखानों में निर्धारित मापदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई इन दलों ने आज रायपुर के भनपुरी उरला और महासमुंद जिले के विभिन्न उर्वरक और कीटनाशक उत्पादक इकाईयों की जांच की जिन इकाईयों में अमानक खाद पाया गया वहां से जांच के लिए नमूना लिया गया और खाद की बिक्री पर रोक लगाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कृषि मंत्री सम्मेलन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों को अगले पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए आज नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने अपनी प्राथमिकता उत्पादन केन्द्रित योजनाओं के बजाय आय केन्द्रित योजनाओं पर केन्द्रित की है धमतरी किसान संगोष्ठी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कल धमतरी में जैविक किसान संगोष्ठी और कार्यशाला सह प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी इसका आयोजन जिला प्रशासन द्वारा कृषि उपज मंडी परिसर में किया जाएगा कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों के वैज्ञानिक भी भाग लेंगे प्रदर्शनी स्थल पर जैविक उत्पादों और जैविक सब्जियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी मत्स्य किसान पुरस्कार राज्य के दो प्रगतिशील मत्स्य किसानों का चयन राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए हुआ है इन किसानों को राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद द्वारा राष्ट्रीय मछुआ दिवस के अवसर पर परसों दस जुलाई को पुरस्कृत किया जाएगा इनमें से एक किसान दुर्ग जिले के अर्जुन्दा गांव के प्रशांत सांतरा हैं प्रशांत को अंर्तस्थलीय क्षेत्र में हैचरी निर्माण और संचालन में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बेस्ट हैचरी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इसी प्रकार गरियाबंद जिले के पथर्री गांव के सुदीप दास को आरएएस तकनीकी के क्षेत्र में बेस्ट इनोवेटिव फिश फार्मर श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा दुर्घटना जांजगीर चांपा जिले में बीती देर रात हुए एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई

बताया जाता है कि तीनो युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे

हादसे में दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया वहीं एक युवक की मौत पामगढ़ अस्पताल ले जाते समय हो गई पुलिस ने आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया है बिलासपुर अभिषेक सिंह पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई फिर टल गई है यह याचिका चिटफंड मामले में दर्ज केस को रद्द करने की मांग को लेकर दायर की गई है हाईकोर्ट में इस याचिका पर अगली सुनवाई अब बाईस जुलाई को होगी गौरतलब है कि पूर्व सांसद श्री सिंह सहित बीस अन्य पर अंबिकापुर में मामला दर्ज कराया गया है आरोप है कि श्री सिंह ने एक चिटफंड कंपनी का प्रचार किया जिसकी वजह से निवेशकों ने इस कंपनी में निवेश किया और फिर ठगी के शिकार हो गए पुलिस अनुकंपा नियुक्ति पुलिस विभाग में पूर्व से लंबित एक सौ नौ प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए गए हैं इनमें पंद्रह शहीदों और शेष विभिन्न दुर्घटनाओं तथा आकस्मिक मृत्यु से संबंधित प्रकरण शामिल हैं इस बीच पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी ने पुलिस कर्मियों की शहादत पर उनके आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक मदद जल्द प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं मौसम राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में रूक रूककर बारिश का दौर जारी है रायपुर में आज दोपहर हल्की धूप निकली और उमस भी रही लेकिन शाम होते ही तेज बारिश शुरू हो गई मौसम विज्ञानी ने बताया कि पूर्वी उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बिहार के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है वहीं दक्षिणी पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका सक्रिय है इसके असर से आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है बीते चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना के तहत राज्य में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसिलिंग कल और परसों रायपुर में होगी धमतरी जिले में स्कूल के आकिस्मक निरीक्षण के दौरान ग्यारह शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के अनुपस्थित पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जांजगीर चांपा जिले के कोटमीसोनार गांव में सर्पदंश से एक बालिका की मौत हो गई